गौ अभ्यारण्य मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित एशिया के पहले गौ अभ्यारण्य में कहा कि अब प्रदेश की आंगनवाड़ियों में अंडा नही दूध दिया जाएगा उन्होंने कहा कि गौ सेवा का काम सरकार करेगी इसके लिये मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई हैं उन्होंने कहा कि गौ टेक्स की योजना बनाई जा रही है इस टेक्स से गौशालाओ का संचालन होगा

इनका संचालन सरकार और समाज मिलकर करेंगे श्री चौहान ने कहा यहाँ अभ्यारण्य में रिसर्च सेंटर शुरू होगा तथा इसे गौ पर्यटन केन्द्र बनाया जाएगा इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी के अवसर पर गायों की पूजन की तथा बाहर से आये गौ विशषज्ञों से चर्चा की और विकास कार्यों का भूमिप्रजन किया इसके पहले भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौ कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में गौ पालन एवं गो उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाएं न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएगी बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होगी

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हए कहा कि अनेक नदियों के होते हए भी यह क्षेत्र पानी के अभाव से ग्रस्त और सुखा प्रभावित ही रहा उन्होंने कहा कि बहत जल्द विंध्याचल और बुंदेलखंड के सभी घरों को नल से पेयजल की सुविधा मिल जाएगी जलशक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहु पक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में पाँच तकनीकों की सिफारिश की है समिति की सिफारिश से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर इन तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले दिनों में बढ़ा है

कोरोना प्रदेश प्रदेश में तीन दिन से कोरोना के नये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं

इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक घर में कोई एक भी मातू शक्ति जाग्रत हो जाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा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

श्री चौहान विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल भी सम्मिलित होंगे

जबलपुर देवास खण्डवा मुरैना सहित कई जिलो से गौपाष्टमी का पर्व मनाने के समाचार मिले हैं

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्का